मौसम विभाग ने प्रदेश के चौदह जिलों में कल भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है विभाग ने कहा है कि गोपालगंज पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सीतामढ़ी शिवहर मुजफ्फरपुर मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर सुपौल अररिया सहरसा मधेपुरा और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर इक्कीस सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश हो सकती है वहीं पूर्णिया कटिहार वैशाली बांका भागलपुर बक्सर और भोजपुर जिले में कई स्थानों पर बारह से बीस सेंटीमीटर वर्षा की आशंका जतायी गयी है इसके अलावा मुंगेर जमुई नालंदा जहानाबाद गया औरंगाबाद रोहतास कैमूर अरवल शेखपुरा बेगूसराय और लखीसराय जिलों में सात से ग्यारह सेंटीमीटर तक बारिश की संभावना जतायी गयी है इन जिलों में आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है वहीं लोगों से वज्रपात की आशंका को देखते हुये बारिश के दौरान सतर्क रहने को कहा गया है इधर पिछले दो दिनों से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रूक रूककर बारिश का सिलसिला जारी है उत्तर बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश हुयी है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बारिश के कारण कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति हो गयी है जिससे आम जन जीवन प्रभावित हुआ है फरक्का बराज के कई गेट खोले जाने के बाद गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर से कहलगांव तक गिरावट की प्रवृति देखी जा रही है हालांकि नदी अभी भी कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर है पटना के गांधी घाट में नदी खतरे के निशान से एक मीटर जबकि दीघा घाट में लगभग आधा मीटर ऊपर है वहीं सोन नदी का जलस्तर मनेर में लाल निशान से चौहत्तर सेंटीमीटर ऊपर है श्रीपालपुर में पुनपुन नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है इधर उत्तर बिहार की नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बनी हुयी हैं खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के लगार गांव के पास गंगा नदी पर बने रिंगबांध के टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं उदयपुर चकप्रयाग तटबंध पर भी पानी का दवाब बढ़ गया है गंगा और कोसी नदी के पानी से भागलपुर जिले के लगभग ढाई सौ गांव प्रभावित हैं सबौर में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी पर लगभग डेढ़ फूट तक पानी बह रहा है सुलतानगंज नवगछिया इस्माइलपुर नारायणपुर हरी और अकबर नगर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुयी है पूर्णिया जिले के रूपौली प्रखंड के मोहनपुर कौशकीपुर डोभ और भाऊआ परवल सहित आधे दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंचायत और नगर पालिका चुनाव के पहले या उसके बाद उम्मीदवारों की अयोग्यता पर फैसला लेने का आधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को भी है मुख्य न्यायाधीश एपी शाही न्यायाधीश अंजना मिश्र और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की पूर्णपीठ ने एक मामले की सूनवाई करते हुये कहा कि केवल उन्हीं मामलों पर राज्य निर्वाचन आयोग सुनवाई नहीं कर सकता है जहां विशुद्ध रूप से चुनाव प्रक्रिया या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर विवाद हुआ हो ऐसे मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग में केस दायर करने की जगह निचली अदालत में चूनाव याचिका दायर करनी होगी दो सौ पन्नों के अपने फैसले में पीठ ने निकाय चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों की आयोग्यता से जुड़े कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौण शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की अटैच की गयी संपत्तियों पर दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा इसमें ईडी और बचाव पक्ष अपनी दलीलें देंगे मामले की सुनवाई खत्म होने तक ईडी की ओर से अटैच की गयी ब्रजेश ठाक्र की अचल संपत्तियों में पूर्व की तरह गतिविधियां चल सकती हैं केंद्र सरकार ने भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के समानांतर चार लेन वाले नये पूल के निर्माण को मंजूरी दे दी है इसके निर्माण पर एक हजार सात सौ छब्बीस करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है पुल की लंबाई लगभग चार दशमलव चार किलोमीटर होगी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने ये जानकारी देते हये बताया कि पूल के निर्माण के लिये जल्द ही निविदा की प्रक्रिया शुरू होगी परिवहन विभाग ने एक अक्टूबर से ऑफलाइन प्रदूषण जांच केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया है जांच केंद्रों को तीस सितंबर तक अपनी सेवा ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है ऐसा नहीं करने वाले केंद्र अक्टूबर महीने से बंद कर दिये जायेंगे परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि ऑनलाइन प्रद्षण प्रमाण पत्र मिलने से फर्जी प्रमाण पत्र पर रोक लगेगी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों को नये मोटर वाहन कानून के बारे में फैलायी जा रही अफवाहों से सावधान रहने को कहा है श्री गडकरी ने स्पष्ट किया है कि आधी बांह की शर्ट या लूंगी बनियान पहन कर वाहन चलाने पर चालान नहीं कटेगा साथ ही चप्पल पहन कर गाड़ी चलाने पर भी किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है इसके अलावा शीशा गंदा होने पर या गाड़ी में अतिरिक्त बल्ब नहीं रखने पर भी किसी प्रकार का चालान नहीं काटा जा सकता है बिहार की एक राज्यसभा सीट के लिये उपचुनाव की अधिसूचना आज जारी की जायेगी राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी के निधन से ये सीट रिक्त हुई है इस सीट के लिये सोलह अक्टूबर को चुनाव होगा नामांकन भरने की अंतिम तिथि चार अक्टूबर तक निर्धारित है इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी एनडीए विधानसभा और लोकसभा उपचूनाव के लिये आज अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगा खबर है कि बेलहर सिमरी बख्तियारपुर दरौंदा और नाथनगर विधानसभा सीट पर जदयू और किशनगंज से भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी वहीं समस्तीपूर लोकसभा सीट लोजपा के खाते में गयी है प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को मगध विश्वविद्यालय बोधगया का नया कुलपति नियुक्त किया गया है कुलाधिपति कार्यालय से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है प्रोफेसर प्रसाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपूर और इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति रह चुके हैं प्रदेश के सभी बुनियादी विद्यालयों में बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी साथ ही इन विद्यालयों को रोजगार से भी जोड़ा जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास प्रबंधन संस्थान सोसायटी की छठी बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एसएसबी ने डेढ़ करोड़ रूपये मूल्य के नशीले पदार्थ हेरोईन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है बक्सर जिले में मध्याहन भोजन योजना में सात करोड़ रूपये मूल्य के चावल की हेराफेरी के मामले में पुलिस ने तत्कालीन डीपीओ सुरेश प्रसाद मंडल को जिले के नगवां गांव से गिरफ्तार कर लिया है सुपौल स्थित राज्य खाद्य निगम गोदाम के सहायक प्रबंधक विनय कुमार को चावल गबन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है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 हिन्दुस्तान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ विशेष बातचीत को पहले पन्ने पर जगह देते हये लिखा है जीएसटी रिटर्न से कारोबारियों को आसान कर्ज दैनिक जागरण की सुर्खी है नाथनगर सीट पर रार ने महागठबंधन में बढ़ायी तकरार प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है बदलते वातावरण के कारण प्रदूषित हवा और अज्ञात वायरस लील रहा जिंदगियां दैनिक भास्कर लिखता है टीईटी व सीटीईटी में महिलाएं पचपन एससी एसटी वाले पचास व सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरूष साठ प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर ही बन सकेंगे शिक्षक राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है सृजन घोटाले के तीन मामलों में चौवालीस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल दैनिक आज ने अयोध्या रामजन्म भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी पक्षकारों को अठारह अक्टूबर तक दलील पूरी करने के निर्देश से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है